वे आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक मोर्चे और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभॉवशाली योजना तैयार करने की आवश्यकता है जयराम ठाकर ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक क्षमता बढाने और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखकर ही आगामी रणनीति तय की जाएगी उन्होंने कहा कि चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट इलाकों को अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा और इन इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी

इनमें एक रेड चार ऑरेंज और एक ग्रीन जोन होगा

कुल्लू जिला भाजपा द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि आशा वर्कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और फार्मासिस्ट घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यौरा एकत्रित कर रहे हैं गोविंद ठाकर ने कहा कि जिले में क्वारंटाइन किए गए लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं और अभी तक कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित मामला सामने नहीं आया है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सैजल ने सोलन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उत्तम गुणवत्ता वाले मास्क सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सोलन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में पशुओं के लिए तुड़ी व चारे की भी समुचित आपूर्ति समयवद्व की जानी चाहिए सैजल ने कहा कि नालागढ़ उपमंडल के चिन्हित क्षेत्रों सहित परवाणु और जंगेशू व टकसाल पंचायतों में होम डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा मास्क बनाने का कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ये मास्क ज़रूरतमंद लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बांटे जा रहे हैं बिंदल ने कहा कि महिला मोर्चा की सदस्य डिजिटल माध्यम से मास्क बनाने के बारे में महिलाओं को जानकारी दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है इसलिए लोगों को घर घर मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस दौरान उन्होंने माता बालासुंदरी आईटी आई और नाहन में चैरिटी आधार पर बनाए जा रहे मास्क सैंटर का दौरा किया राजीव बिंदल ने सिरमौर जिले में माता बालासुन्दरी मंदिर त्रिलोकपुर में सामुदायिक रसोई से झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के लिये ट्रस्ट के वाहन में पका हुआ भोजन रवाना किया

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के विभिन्न इलाकों में महिला मंडल की सदस्य अपने स्तर पर मास्क बनाकर आसपास के इलाकों में बांट रही हैं

विभाग ने स्वयं सहायता समूहों की मदद से मास्क बनाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया हुआ है अब तक विभिन्न विभागों और अन्य संस्थानों को एक लाख से अधिक मास्क दिए जा चुके हैं डीसी हमीरपुर हमीरपुर जिले के भोटा स्थित राधा स्वामी चेरिटैबल अस्पताल को सकेंडरी आईसोलेशन सुविधा के रूप में अधिसूचित किया गया है उपायुक्त हरीकेश मीणा ने कहा कि ऊना जिले से कल दो ॅ कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को इस अस्पताल में आईसोलेशन में रखा गया है और यहां मरीजों के उपचार में अपनाए जाने वाले सभी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है हरीकेश मीणा ने कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्भियों को पीपीई सहित सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए है